और लाहौल एडवेंचर स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने ज़िले में एमटीबी साईकिल दौड़ का किया आयोजन

इनमें नगरोटा सूरियां में राजकीय महाविद्यालय भवन और अटल आदर्श विद्यालय का लोकार्पण शामिल है नगरोटा सूरियां में एक जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के चहुंमुखी विकास किया जा रहा है उन्होंने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के आम आदमी को राहत देने में विश्वास रखती है

उन्होंने नगरोटा सूरियां उपतहसील को तहसील में स्तरोन्नत करने की भी घोषणा की उन्होंने कहा कि घाड़ जरोट में रेल पुल के निर्माण के मामले को केन्द्रीय मंत्री पियूष गोयल के समक्ष रखा जाएगा और सीआरएफ के तहत देहरा ज्वाली सड़क के सुधारीकरण के लिए संभावनाएं तलाशी जाएंगी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी और सांसद किशन कपूर भी इस दौरान मौजूद रहे परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री के आपसी संवाद वाले शैक्षिक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लिए पंजीकरण का आज आखिरी दिन है इस वर्ष ये कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम की लोकप्रियता को देखते हुए इस बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी न केवल छात्रों से संवाद करेंगे बल्कि अभिभावकों और अध्यापकों से भी रू ब रू होंगे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए छात्र अध्यापक या अभिभावक माई गोव इनोवेट प्लेटफार्म पर आयोजित परीक्षा पे चर्चा प्रतिस्पर्धा में हिस्सा ले सकते हैं गोविंद ठाकुर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने मनाली में आज स्थानीय नगर परिषद की विभिन्न योजनाओं का शुभारम्भ किया उन्होंने मनाली के सौंदर्यीकरण के लिए एक करोड़ रूपए से अधिक की लागत वाली आध्निक मशीनों को भी हरी झण्डी दिखाई उन्होंने कहा कि पर्यटन गंतव्य होने के कारण मनाली विधानसभा क्षेत्र में सभी गांवों के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है राजेन्द्र गर्ग खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने लोकल फॉर वोकल के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की ज़रूरत पर बल दिया है उन्होंने कहा कि इससे लोगों के जीवन स्तर को उठाने और उन्हें स्वरोज़गार से जोड़ने में मदद मिलेगी घुमारवीं क्षेत्र के पलासला में आज मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण शिविर में उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए केन्द्र व प्रदेश सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है इस बीच राजेन्द्र गर्ग ने घुमारवीं क्षेत्र के कपाहड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का भी लोकार्पण किया

इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सदन में सप्ताह भर की शासकीय कार्यसूची की जानकारी देंगे सदन में कल जहां कई महत्वपूर्ण कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे वहीं आगामी वित्त वर्ष के बजट पर भी चर्चा जारी रहेगी

विकास कार्य शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला शहर के कैथ् वार्ड में चल रहे विकास कार्यो का आज जायजा लिया उन्होंने बताया कि लोअर कैथू में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बनने वाली पार्किंग को और अधिक विकसित करने पर विचार किया जा रहा है उन्होंने क्षेत्र में एम्बुलेंस रोड़ के संबंध में भी लोगों से चर्चा की योजना केन्द्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने पर्यटक वाहन ऑपरेटरों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है इस योजना के अन्तर्गत कोई भी पर्यटक वाहन ऑपरेटर अखिल भारतीय पर्यटक प्राधिकरण से परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं यह परमिट जरूरी दस्तावेज और फीस जमा करने के बाद जारी किये जायेंगे यह नियम पहली अप्रैल से लागू होंगे सभी मौजूदा परमिट उनकी वैधता के दौरान लागू रहेंगे परमिट के नए नियम लागू होने से राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा धूमल भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम क्मार ध्रमल ने युवाओं से अपनी संस्कृति व पूर्वजों के गौरवमयी इतिहास से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का आहवान किया है एनआईटी हमीरपुर में विद्यार्थी विज्ञान मंथन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हमारी वर्षो पुरानी संस्कृति ने दुनिया के कई देशों को दिशा दी है और आगे बढ़ने की राह दिखाई है धूमल ने कहा कि जब देश की वैज्ञानिक प्रतिभा निखरेगी तब देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा

पठानिया प्रदेश में नगर निगमों के चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज़ हो गई हैं वन मंत्री राकेश पठानिया ने धर्मशाला शहर के विभिन्न वार्डों में आज जन संपर्क अभियान चलाया उन्होंने कहा कि नगर निगम धर्मशाला में कांग्रेस कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी और इसमें संलिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा मारकण्डा तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकण्डा ने लाहौल स्पीति ज़िले में तुपचलिंग बौद्ध मठ से आज एमटीबी साईकिल दौड़ को हरी झण्डी दिखाई

इस अवसर पर मारकण्डा ने उम्मीद जताई कि ऐसे आयोजन से घाटी में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग में बीड़ बिलिंग के नमन जबकि जूनियर वर्ग में थोलंग के जॉय कपूर पहले स्थान पर रहे बैडमिंटन कांगड़ा ज़िले के देहरा में वरिष्ठ वर्ग की राज्यस्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता आज सम्पन्न हुई इस प्रतियोगिता के पुरूष वर्ग में ऊना के कर्ण चौधरी जबकि महिला वर्ग में कांगड़ा की रूबी विजयी रहीं समापन समारोह में हिमफैड के अध्यक्ष केके शर्मा ने विजेता व उपविजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया चैत्र मेला हमीरपुर ज़िले में बाबा बालकनाथ मंदिर दियोटसिद्ध में चैत्र मास मेला शुरू हो गया है उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने आज विधिवत पूजा अर्चना और झण्डा चढ़ाने की रस्म के साथ मेले का शुभारम्भ किया

मांग राज्य विकलांगता सलाहकार बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य अजय श्रीवास्तव ने दृष्टिबाधितों व अन्य पात्र दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा हाल ही में जारी परीक्षा संबंधी दिशा निर्देशों को तुरंत वापस लेने की मांग की है मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा कि ये दिशा निर्देश कानून की दृष्टि से अवैध हैं उन्होंने आज शिमला में पत्रकार वार्ता में बताया कि इन दिशा निर्देशों से दृष्टिबाधित और अन्य पात्र दिव्यांग विद्यार्थी प्रताड़ित होंगे सफाई अभियान सिरमौर ज़िला प्रशासन ने आज मारकण्डा नदी क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया